प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मीडिया संस्थानों ने राष्ट्र निर्माण में एक मजबूत स्तम्भ के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई है नई दिल्ली में आज जागरण मंच की विचार गोष्ठी में श्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का रूप देने के लिए मीडिया की भूमिका की सराहना की है बीते चार वर्षों में आपके समूह और देश के तमाम मीडिया संस्थानों ने राष्ट्र निर्माण के मजबूत स्तंभ के तौर पर अपने दायित्व का बखूबी निर्वाहन किया है चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो यह अगर जन आंदोलन बने तो इसमें मीडिया की भी एक सकारात्मक भूमिका रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति से मीडिया का विस्तार हुआ है और आने वाले दिनों में समाज में मीडिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी उन्होंने आशा व्यक्त की कि नया मीडिया नये भारत की नींव को और ताकत देगा

इसी सोच को हमने बीते चार वर्षो से आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पिछले साढ़े चार साल में इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी है सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं

मंत्रिमंडल की बैठक क बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्यात के अवसरों का लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि इस नीति से अधिकतर जैविक और प्रसंस्कृत आहार के निर्यात पर अंक्श समाप्त हो जाएगा तथा कृषि उत्पादों के निर्यात के कई रास्ते खुलेंगे बाइट दो तरह के जो एग्रीकल्वर प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक और एग्रो प्रोसेस्ड इसमें से पूरी मात्रा में निकाले जाएंगे बाकी के जो एग्रीकल्वर प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर टाइम दू टाइम रिव्यू किया जाएगा क्योंकि हमारे यहां पे कोई उसकी कमी है तो उसका एक्सपोर्ट स्वाभाविकतया नहीं किया जाएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की कोई ऐसी स्थिति आती नहीं क्योंकि उसकी कोई शॉटेज होगा इसकी कोई स्थिति आती नहीं एग्रो प्रोसेस गुड्स के ऊपर भी ऐसी कोई स्थिति आने की संभावना नहीं है क्योंकि वह प्रोसेस करने के बाद बेचा जाता है

मंत्रिमंडल ने इंटर डिसिपिलिनरी साइबर फिजिकल सिस्टमस संबंधी राष्ट्रीय मिशन शुरू करने को भी मंजूरी दी

पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकंडी बांध की भी मंजूरी दी गई

वित्तमंत्री ने कहा रावी रिवर का काफी पानी है जो पड़ोसी देश में चला जाता है उस वजह से पंजाब में उसका नुकसान होता है

ये उसको इरिगेट करने में काफी लाभ देगा उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को किफायती बनाने पर जोर दिया है नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि गांवों में बड़े शहरों की तरह आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है

दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से पिछले दो महीनों में चार लाख पचास हजार मरीजों को फायदा पहुंचा है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

प्रदेश के उन्नहत्तर जनपदों को खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ घोषित कर दिया गया है और अवशेष छह जनपदों को भी शीघ्र ओडीएफ घोषित कर दिया जायेगा इस बात की जानकारी राज्य के पंचायतीराज राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने दी है

उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अन्तर्गत फतेहपुर जौनपुर और सीतापुर में खराब प्रगति होने पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अवशेष जनपदों को शीघ्र ओडीएफ घोषित कराने के लिये अधिकारी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य करना सुनिश्चित करे इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी आज सशस्त्र बल झंडा दिवस है यह देश की आन बान की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों और पुरुष तथा महिला रक्षाकर्मियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है

यह दिवस जांबाज सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति एकजुटता दिखाने और उनके कल्याण में अपना योगदान देने का दिन है आज दशभर में जगह जगह कार्यकर्ता और स्वयंसेवी सेना के तीनों अंगों के प्रतीक के तौर पर लोगों के कपड़ों पर झंड़ा लगाते हैं इससे एकत्र राशि झंडा दिवस कोष में जमा कर दी जाती है जिसका इस्तेमाल शहीदों के परिजनों और सैनिकों के कल्याण में होता है रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने एक ट्वीट में कहा कि जब कभी संकट की घड़ी आती है सेना बचाव के लिए उपस्थित हो जाती है

राज्यपाल ने इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन किया तथा झंडा निधि में दान दिया श्री नाईक ने कहा कि अंशदान स हम देश की सशस्त्र सेनाओं क सैनिकों और उनके परिवारों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं लखनऊ के मंडलायुक्त अनिल गर्ग और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अगुवाई में झंडा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने नहरों की अवैध कटान करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता नहरों में टेल तक नहीं बल्कि खेत तक पानी पहुंचाना है उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसानों को किसी भी दशा में सिंचाई के लिये कोई परेशानी न हो प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा है कि खादी को बढ़ावा देने के लिये इस पर तीस प्रतिशत छूट देने पर विचार किया जा रहा है अभी तक पन्द्रह प्रतिशत छूट दी जा रही है लखनऊ में कल आयोजित खादी चुनौतियां एवं भविष्य विषय पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बाजार है यहां के खादी उत्पाद की मांग बहुत दूर दूर तक है उन्होंने कहा कि झारखंड के पैटर्न पर यहां के खादी बोर्ड का विकास किया जायेगा आगरा के खंदौली क्षेत्र में बीती रात एक कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई पुलिस के अनुसार यह लोग हाथरस से आगरा जा रहे थे उसी समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगलघूसा गांव के पास कार ट्रक से टकरा गई चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया उधर जौनपुर के जलालपुर थाना अन्तर्गत रेहटी गांव में एक दीवार गिरने से दबकर तीन बच्चों की मौत हो गई तथा एक अन्य घायल हो गया बैंक चेकों की क्लोनिंग कर ठगी करने के मामले में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है